राज्य सरकार ने कल से प्रदेश के तीन रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू करने का लिया निर्णय वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन आधारित उद्योग व देवदार इकाईयां स्थापित करने पर दिया बल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया भाषा कला व संस्कृति विभाग इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगा

बैठक में आयकर दाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का आटा व चावल पूर्व निर्धारित एपीएल दरों पर उपलब्ध करवाने की मंजूरी दी बैठक में केन्द्र सरकार के आवासीय व शहरी मामले मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराए के आवासीय परिसर योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने पर भी विचार किया गया जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास मुहैया करवाने में मदद मिलेगी

मंडी जिले में थुनाग तहसील के बागा चनोगी में उप तहसील और जनशिला में पटवार वृत खोलने का निर्णय भी लिया

मुख्यमंत्री ने सत्र के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और मुख्य सचिव अनिल खाची भी मौजूद रहे अन्राग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कोरोना महामारी से विश्व में अर्थव्यवस्था की बढ़ती गति को धक्का लगा है एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उचित मार्गदर्शन में भारत आर्थिक मोर्चे पर इस महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए नीतिगत कदम उठा रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आम जनता और स्थानीय कामगारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वोकल फॉर लोकल और इसे ग्लोबल बनाने के मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का विजन देश के सामने रखा है उन्होंने कहा कि भारत अवसरों का देश है और भारत में आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता है

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये बसें चंबा शिमला मनाली शिमला और धर्मशाला शिमला रूट पर चलाई जाएंगी उन्होंने कहा कि इन रात्रि बसों के यात्रियों की उपलब्यता के आधार पर अन्य क्षेत्रों से भी रात्रि बसों का संचालन शुरू किया जाएगा बिक्रम ठाकुर ने पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय और उपमंडलीय प्रबंधकों को कर्मचारियों के लिए सैनेटाइज़र मास्क गल्बज़ और फेसशील्ड नियमित रूप से उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए उन्होंने बसों को समय सारिणी के अनुसार चलाने और उन्हें सही तरीके से सैनेटाइज करने को भी कहा सुरेश भारद्वाज नगर निगम शिमला की ट्री अथोरिटी कमेटी ने शहर में खतरनाक पेडों को हटाने को लेकर लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित उप समिति की बैठक में ये मंजूरी दी गई भारद्वाज ने कहा कि इस निर्णय से लोगों को शहर में पुराने व खतरनाक पेडों से निजात मिलेगी बैठक में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद रहे

शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण ये समारोह स्थगित किया गया है राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने प्रदेश में वन आधारित उद्योग और देवदार इकाईयां स्थापित करने पर बल दिया है शिमला में आज वन विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने और उनकी आजीविका में बढ़ौतरी के लिए बहुद्देशीय गतिविधियां शुरू करने की आवश्यकता है राकेश पठानिया ने कहा कि उद्योगों और हितधारकों को चीड़ की पत्तियों को हटाने में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन संजय गुप्ता और प्रधान मुख्य अरण्यपाल सविता शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कल दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से शिष्टाचार भेंट की इस दौरान वीरेन्द्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुददों पर चर्चा की और राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति के संबंध में भी उन्हें अवगत करवाया जगत प्रकाश नड्डा ने केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश को उदार आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में खुलने से विकास कार्यो में तेज़ी आएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए पहले देहरादून जाना पड़ता था जिससे विकास कार्य करवाने में देरी होती थी रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में मंडी संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और विभिन्न परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भारी वर्षा व भूस्खलन से लोगों को हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावितों को फौरी राहत देने की राज्य सरकार से मांग की है एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी वर्षा से किसानों व बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहंचा है राठौर ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में बंद पड़े सम्पर्क मार्गों को भी जल्द बहाल करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि कुमारसेन क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में कल हुई भारी वर्षा से कई रिहायशी मकानों और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है जनक राज आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए आईजीएमसी प्रशासन पूरी तरह तैयार है

डॉक्टर जनक राज ने बरसात के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है

वन वृत धर्मशाला के मुख्य अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने बताया कि इस वन वृत में शामिल पालमपुर धर्मशाला और नूरपुर वन मंडल में इन दिनों पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है